देश भर में पन्द्रह चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरु हो गयी हैं

और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात सौ इकसठ हुई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति और रोकथाम के उपायों को लेकर पांचवीं बार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की वीडियो कांफ्रेस के जरिये हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि ग्रामीण इलाके कोविड महामारी से मुक्त रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण का फैलाव कैसे कम हो इस पर ज्यादा फोकस रहने की जरुरत है उन्होने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य ऐहतियातों का कडाई से पालन हो प्रधानमंत्री ने कहा कि जबतक कोरोना वायरस का टीका या कोई अन्य समाधान विकसित नहीं हो जाता शारीरिक दूरी बनाये रखना ही सबसे बडा हथियार है इस वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज होगी उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्वभर में स्वीकार किया गया है कोविड उन्नीस महामारी रोकथाम के प्रबंधन पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले क्छ सप्ताह के दौरान अधिकारियों ने विकट परिस्थितियों में कैसे काम करना है उन्होने कहा कि ऐसा लगता है कि जिला स्तर तक बाते पहुंच गयी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को बाहर से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों से संक्रमण बढ़ने के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉक डाउन को मई के अंत तक बढ़ाए जाने की मांग की है श्री कुमार ने कोरोना महामारी पर विमर्श के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई बैठक में कहा कि लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उससे राज्य सरकार सहमत है लेकिन सुझाव है कि लॉकडाउन को मई के अंत तक रखा जाये जिससे राज्य में बाहर से जितने लोग आ रहे हैं वे आ सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की रैंडम कोरोना जांच से काम नहीं चलेगा इसलिए लोगों की अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच की जाये इसके लिये पूरी तैयारी करें जांच की क्षमता बढ़ायी जाये जिससे कोरोना श्रृंखला तोड़ी जा सके मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जांच किट की उपलब्धता सूनिश्चित कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक गांव में हर घर को चार मास्क और साबुन देने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के वैसे लोगों को सात दिनों के भीतर लाने को कहा है जो घर आना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पटना तथा बिहार के अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए भी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सात सौ इकसठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब से थोड़ी देर पहले जारी बुलेटिन में कहा गया है कि बारह नये मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें नौ बेगूसराय के हैं वहीं दरभंगा से दो और सुपौल जिले से एक नया मामला सामने आया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित बाहर से आए हुए हैं जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया और यहीं से इनका स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया था उन्होंने कहा कि अब अनुमंडल स्तर पर भी आईसोलेशन केन्द्र बनाये जायेंगे जहां नौ हजार बेड के स्थान पर पन्द्रह हजार बेड की व्यवस्था की जा रही है प्रधान सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के क्वारेंटाइन केन्द्रों पर भी चिकित्सकों को तैनात किया जा रहा है देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्तर हजार सात सौ छप्पन हो गयी है इनमें बाईस हजार चार सौ पचपन मरीज स्वस्थ हो चूके हैं जबकि इस महामारी से दो हजार दो सौ तिरानवे लोगों की मृत्यु हुई है वहीं देश के विभिन्न अस्पतालों में छियालीस हजार लोगों का इलाज चल रहा है गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे मजदूरों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए

अधिकारी ने बताया कि राज्यों से चिकित्साकर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का आवागमन सुगम बनाने तथा सभी क्लिनिक नर्सिंग होम और प्रयोगशालाएं खोलने को कहा गया है देश के कई राज्यों से इक्कीस श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां आज पच्चीस हजार लोगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही हैं इनमें महाराष्ट्र से चार पंजाब से तीन उत्तर प्रदेश तमिलनाडु हरियाणा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से दो दो तथा चंडीगढ़ गुजरात राजस्थान और तेलागना से एक एक रेलगाड़ी आ रही है यह रेलगाड़ियां बरौनी कटिहार मोतीहारी किशनगंज अररिया दानापुर छपरा भागलपुर सुपौल और गया समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंचेंगी देश भर में पन्द्रह चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरु हो गयी हैं प्रतिदिन कुल मिलाकर पन्द्रह जोडी ट्रेन का परिचालन होगा हमारे संवाददाता ने बताया कि शुरुआत में नई दिल्ली से पटना डिब्रूगढ अगरतला हावडा बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मू तवी के बीच ट्रेन परिचालन किया जा रहा है यात्रियों को कई दिशा निर्देश का पालन करना होगा

ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा ट्रेन के किराये में खान पान का पैसा नहीं लिया जाएगा आईआरसीटीसी ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध कराएगी और इसके लिए यात्रियों को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि यात्री अपने घरों से चादर लेकर आए टिकट केवल ऑनलाइन आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी रेलवे स्टेशनों पर टिकट ब्रुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश करने की अनुमति होगी सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा

इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम सात दिन तक का एडवांस टिकट कटवाया जा सकेगा रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशनकार्ड को आधार नम्बर से जोड़ने की समय सीमा तीस सितम्बर तक बढ़ा दी है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है रोहतास और पूर्णिया जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहत राहत मिली है

महामारी से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों में से नौंवें समूह के अध्यक्ष अजय साहनी ने संवाददाताओं को विभिन्न ब्रनियादी सिद्धांतों की जानकारी दी श्री साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु एप इस तरह विकसित किया गया है कि संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आने से पहले यूजर को सतर्क करता है यह लोगों को अपनी स्वास्थ्य दशा का स्वयं आकलन करने की सुविधा भी देता है श्री साहनी ने बताया कि इस ऐप को बनाते समय निजता के सिद्धांत पर पूरा ध्यान दिया गया है

बाकी का डेटा आप ही के फोन पर सुरक्षित है सुरक्षित रहेगा उनके ठीक होने के सात दिन बाद वो भी पूरा का पूरा डेटा मिटा दिया जाएगा तो इसमें कोई भी पोसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई हम सर्विलांस करें या किसी भी तरह से इसका दुरूपयोग करें वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि साफ सफाई की आदतों से कोविड महामारी पर प्रभावी तरीके से अंक्श लगाया जा सकता है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह ने परामर्श दिया है कि लोगों को अपने नाक और मुंह को छुने से बचना चाहिए

लोगों को उनके क्षेत्रों में ही रोजगार मिले इसके प्रयास हो रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में परियोजना पाठशाला नाम से एक पहले शुरु की गयी है जिसमें वारेंटिन केंद्रों पर लोगों को रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाता है

श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कारखाना अधिनियम की धारा पांच के अनुसार किसी भी कार्यदिवस में काम की अवधि को बढ़ाकर बारह घंटे किया गया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य के औद्योगिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि कारखानों को खोलने के पहले सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करें आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत की खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोरोना से जंग के साथ कारोबार भी जरूरी दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है मई अंत तक जारी रखें लॉक डाउन दैनिक भास्कर लिखता है अगले एक सप्ताह में पटना से फ्लाईट भी शुरू करने की तैयारी प्रभात खबर की सुर्खी है दूसरे राज्यों ने बिना जांच के ही भेजा बिहारियों को दैनिक आज ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूचना पर लिखा है निजी क्लिनिकों को खुला रखना सुनिश्चित करे राज्य

देश भर में पन्द्रह चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरु हो गयी हैं

और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात सौ इकसठ हुई